आज जयपूर में चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के निदेशालय में सत्र आयोजित किया गया इस मौके पर पहला टीका जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ के के शर्मा ने लगवाया

इस अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया कार्यक्रम में भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी के विचारों में मौलिकता थी उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन का विचार मानव मात्र के लिए था जहां भी मानवता की बात होगी दीनदयाल जी का विचार वहां प्रासंगिक होगा उन्होंने कहा कि देश विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश के महापुरूषों के सपनों को पूरा कर रहे हैं

इधर प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी आज पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया भारत और चीन पूर्वी लददाख में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर अपनी सेनाएं पीछे हटाने के लिए सहमत हो गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में एक बयान देते हुए यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जरूरी सैन्य तैनाती की गई है रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन को बता दिया गया है कि यथास्थिति को एकतरफा बदलने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी संमप्रभूता पर कोई समझौता नहीं होगा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

सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम में आज मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्वालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और चतुर्भुज नाथ भगवान के दर्शन किए

इस दौरान प्रदेशवासियों को तेज सर्दी से राहत मिली है उधर श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज सुबह घना कोहरा छाया रहा और सर्दी का असर बढ़ गया

मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है